उन्होंने कहा कि फिर भी सतर्कता और बचाव अत्यंत आवश्यक है मूख्यमंत्री आज गोरखपूर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे थे

हिंदू उत्तराधिकार कानून इसी दिन से लागू किया गया था

पीठ ने पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न विरोधाभास के संदर्भ में यह बात कही इस कानून में संशोधन ऐसी तमाम हिंदू बेटियों पर लागू होता है जिनके पिता इस कानून के लागू होने के बाद दिवंगत हुए हों किंतु पूर्व में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह पिछली तारीख से प्रभावी होगा या नहीं केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केन्द्र कृषि मेघ का उद्घाटन किया इस केंद्र का उद्देश्य परिषद् के महत्वपूर्ण डेटा का संरक्षण करना है इसकी स्थापना हैदराबाद की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गयी है फिलहाल परिषद का मख्य डेटा केंद्र दिल्ली के भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है

यह दिवस युवाओं की आवाज उनके कार्य और पहलों को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है इस वर्ष का विषय है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता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

मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ राहत केन्द्रों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों को राहत सामगो वितरित की

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज प्रदेश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनायी जा रही है राज्य में कई स्थानों पर जन्माष्टमी के समारोह कल भो आयोजित किये गये थे इस अवसर पर प्रदेश भर में मन्दिरा को सजाया और संवारा गया है

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौय सहित अन्य लोगों ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं मुख्य समारोह प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में हो रहा है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट आज समूचे ब्रजमंडल में भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज में उमंग और उल्लास है कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है आज मध्य रात्रि में मंदिर के गर्भ गृह में भगवान श्रीकृष्ण का अभिषेक होगा इस बार भले ही कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे है यहां सोशल डिस्टेंस विशेष ध्यान दिया जा रहा है मथुराबासी ब्रज के लाला के स्वागत में कोई कमी नहीं आने दे रहे है यहाँ मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान द्वारिकाधीश मंदिर वृन्दाबन ठाकुर बांकेबिहारीजी मंदिर प्रियकांतजू मंदिर गोवेर्धन गिरिराज जी मंदिर बरसाना नंदगांव के प्रमुख मंदिरों को रंगबिरंगी रौशनी से जगमग है श्रीकृष्ण जन्म महोत्सव पर भगवान श्रीकृष्ण का स्वागत भव्य दीपदान स्वागतम स्वागतम के रूप से सजाया गया है मोहम्मद उमर कुरैशी आकाशवाणी समाचार मथुरा

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है

शेष पदक पाने वालों में अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पुलिसकर्मी शामिल है